केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जयपुर में हमारे संवाददाता को बताया कि केंद्र सरकार देश की युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठा रही है गोवा में मंगलवार से शुरू हो रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के बारे में उन्होंने कहा कि यह सिनेमैटोग्राफिक उत्पादों के विपणन तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारतीय फिल्मों के प्रोत्साहन का अवसर होता है इस बार इम्राइल को हमने फोकस कंट्री रखा है

उनकी सबसे बेस्ट और उनके कू मैम्बर्स साथ में आ रहे हैं लेकिन इस बार हमने एक फोकस स्टेट भी रखा है झारखंड इज द फोकस स्टेट इस बार करीब डेढ़ सौ इंटरनेशनल फिल्म सेलिब्रेटिज आ रहे हैं बहुत जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां इसमें आ रही हैं

मुख्यमंत्री कल गोरखपुर में निर्माणधीन पिपराईच चीनी मिल के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद वहां आयोजित एक सभा को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में गन्ने की खेती का रकबा बढ़ा है और अभी तक उन्तालिस हजार करोड़ रूपये के गन्ना मूल्य का किसानों को भुगतान किया जा चुका है छः हजार करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान पिछले वर्ष से बाकी है उसे भी तीस नवम्बर तक किसानों तक पहुंचने की तैयारी सरकार द्वारा की जा रही है इसके लिये सरकार द्वारा सॉफ्ट लोन की भी व्यवस्था की गयी है कल ही मुख्यमंत्री गोरखपुर के रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित कुस्ती के सीनियर स्टेट चैम्पियनशिप आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे विजयी प्रतिमागियों को पुरस्कृत करने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने सम्बोधन में कहा कि व्यक्ति के सर्वगीण विकास में शिक्षा के साथ साथ खेलों का भी महत्वपूर्ण स्थान है कुश्ती एक राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय खेल है जो प्राचीनकाल से ही आयोजित किया जा रहा है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार खेलो इण्डिया खेलो योजना के माध्यम से देश में खिलाडियों को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है प्रदेश सरकार द्वारा भी इस दिशा में बेहतर प्रयास किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगितायें आयोजित की जायेंगी कल देर शाम मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर आयोजित होने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और मेले में आने वाले श्रद्वाल्ओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक निर्देश दिये उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मेले में पड़ोसी देश नेपाल और पड़ोसी राज्य दिहार से भी बड़ी संख्या में लोग खिचड़ी चढ़ाने आते हैं इसलिये सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये जाए मेला परिसर में सफाई व्यवस्था और पथ प्रकाश को लेकर सजग रहने का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिया

श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इस बार की मन की बात विशेष है क्योंकि यह कार्यक्रम की पचासवीं कड़ी होगी उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव पर गौर करना उनके लिए सुखद होगा उन्होंने नरेन्द्र मोदी मोबाइल ऐप पर लोगों से अपने विचार भेजने को कहा श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के लिए लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर और माई जी ओ वी डॉट आई एन पर अपने विचार भेज सकते हैं एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक से सुझाव सीधे प्रधानमंत्री तक भेजे जा सकते हैं

इस समय परिक्रमा मार्ग पर श्रद्वा भक्ति और आस्था का सैलाब उमड़ पडा है परिक्रमा कल ग्यारह बजकर सोलह मिनट तक चलेगी विवरण हमारे अयोध्या प्रतिनिधि से अयोध्या के प्रसिद्ध कार्तिक पूर्णिमा मेले का दूसरा चरण पंचकोसी परिक्रमा इस समय चरमोत्कर्ष पर हिलोरें ले रहा है द्य देवोत्थानीहरि प्रबोधनी एकादशी लगते ही देश विदेश से आये श्रद्धालुओं ने पावन सलिला सरयू में स्नान कर मंत्रोच्चारण के साथ परिक्रमाउठाई और फिर क्या था ढोल मजीरों की गूँजसाधू संतों के भजनमहिलाओं के अवधी गायनअवोध बच्चों से लेकर अति वृद्धों तकका मनोबल अहारह किलोमीटर लम्बे परिक्रमा मार्ग पर आस्था श्रद्धा और भक्ति के वातावरण का सन्देश बन गया है

इसका उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय अखंडता की भावना को मजबूत करना है इस सप्ताह का आयोजन देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को सुरक्षित रखने का संकल्प लेने के उद्देश्य से किया जाता है